मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपनी जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान उमरिया और कटनी जिलों में सभाओं को संबोधित करेंगे

इस निर्णय से करीब डेढ़ करोड़ ग्रामीण परिवारों को लाभ मिलेगा इसके अलावा ठोस और तरल कचरा प्रबंधन गतिविधियों के लिए ग्राम पंचायतों को भी सहायता दी जाएगी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस राशि का उपयोग देश के सभी गांवो में खुले में शौच से मुक्ति अभियान को जारी रखने के लिए किया जाएगा

प्रस्ताव के अनुसार कर्जे में डूबा बैंक पूजी प्राप्त करने के लिए जीवन बीमा निगम को वरीयता वाले शेयर जारी करेगा इस कदम से जीवन बीमा निगम और आईडीबीआई बैंक और उनकी सहायक वे संस्थाएं वित्तीय रूप से सुदृढ़ होंगी जो आवासीय ऋण और म्युचुअल फंड जैसे वित्तीय उत्पाद का कारोबार करते है सांसद पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल संसद के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित विशेष कार्यक्रम में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्रदान किये

इस अवसर पर श्री कोविन्द ने कहा कि सांसद न केवल किसी विशेष दल अथवा निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं बल्कि वे संवैधानिक आदर्शों के ट्रस्टी भी होते हैं उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू ने कहा कि लोकतंत्र में केवल संख्या का ही महत्व नहीं होता बल्कि इसमें एक दूसरों के विचारों को समझने और उसकी सराहना करने के लिए भी गुंजाइश होती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सांसदों के लिए जेरूरी हे कि वे गरीबों और वंचितों की आवाज उठाएं उन्होंने कहा कि संसद में शोर शराबा होता है और सांसद बोल नहीं पाते तब नुकसान सारे देश का होता है

दोपहर बाद ये यात्रा कटनी जिले के विजयराघवगढ़ पहॅचेंगी श्री चौहान इस दौरान कई सभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री ने कल अनुपपूर और कोतमा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अहंकार में डूबी हुई है इसीलिए उसके नेता दंभ में चूर होकर यह कहते है कि हम जनता के बीच आशीर्वाद लेने नहीं जायेंगे जनता हमें खूद आशीर्वाद देने आयेगी कांग्रेस नेताओं का यह कथन उनके अंहकारी होने को दर्शाता है उन्होंने कहा कि जनता ने हमें तीन बार आशीर्वाद देकर सेवा का अवसर दिया चौथी बार हम विकसित मध्यप्रदेश को समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने के लिए आशीर्वाद लेने निकले है लेकिन कांग्रेस के नेताओं को मेरा जनता से आशीर्वाद लेना भी आंखों में चुभ रहा है निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत ने कहा कि असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के अंतिम मसौदे में जिन लोगों के नाम शामिल नहीं हैं वे भी मतदाता सूची में नाम होने पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं श्री रावत ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि एनआरसी में नाम शामिल न होने के कारण किसी को मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा श्री रावत ने कहा कि एनआरसी में उन लोगों के भी नाम नहीं हो सकते हैं जो असम में नौकरी या पढ़ाई के लिए कई सालों से रह रहे हैं

श्रीमती पटेल ने कल बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित किया इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के अनेक अधिकारी भी मौजूद थे श्रीमती पटेल ने कहा कि यदि राज्यपाल या सरकार का कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने के लिए कहे जो नियमों के अनुकूल नहीं हो तो उसे मना करने का साहस अधिकारियों को दिखाना चाहिए

शासकीय महाविद्यालय बरही जिला कटनी में कला संकाय में हिन्दी अंग्रेजी राजनीति शास्त्र अर्थशास्त्र और भूगोल विषय तथा वाणिज्य संकाय में एमकॉम की मंजूरी दी गई है इसी प्रकार शासकीय महाविद्यालय स्लीमनाबाद जिला कटनी में कला संकाय में हिन्दी राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र अर्थशास्त्र और भूगोल विषय की स्वीकृति दी गई है अनुसुईया उइके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया उइके एवं सदस्य एच के डामोर आयोग में दर्ज प्रकरणों की सुनवाई के लिए आज भोपाल दौर पर हैं सुश्री उइके भेल के कर्मचारी संघों के साथ बैठक कर उनके सुझाव एवं समस्याओं को सुनेंगी इसके बाद वे भेल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कर्मचारियों की समस्याओं एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगी इसके बाद आयोग की उपाध्यक्ष बीएचईएल से संबंधित लंबित प्रकरणों की सुनवाई करेंगी वे शाम को शहीद भवन भोपाल में आदिवासी सेवा मंडल द्वारा आयोजित आदिवासी सांस्कृतिक कार्यकमों में भाग लेंगी सुश्री उइके कल होशंगाबाद के दौर पर रहेंगी

अभियान के दौरान सभी नगर में स्वच्छता के सभी घटकों में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगम नगर पालिका परिषद और नगर परिषद को पृथक से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा

प्रथम चरण में प्रातरूकालीन गतिविधियों में वार्ड स्तर पर श्रममूलक कार्य कराये जायेंगे जिसमें जन सामान्य और जन प्रतिनिधियों को जोड़कर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा

सम्मेलन के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रि परिषद के सदस्य होंगे विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीतासरण शर्मा होशंगाबाद में आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के बुधनी में आयोजित सम्मेलन में भाग लेंगे जबकि मंत्री जयंत मलैया दमोह गोपाल भार्गव सागर गोरीशंकर शेजवार रायसेन डॉ नरोत्तम मिश्र दतिया उमाशंकर गुप्ता भोपाल अर्चना चिटनिस बुरहानपुर यशोधराराजे सिंधिया शिवपुरी और जयभान ॅसिंह पवैया ग्वालियर में आयोजित सम्मेलन में भाग लेंगे

उन्होंने इस मौके पर खिलाड़ियों से परिचय भी प्राप्त किया

राजस्व मंत्री ने कहा कि राजनैतिक कार्यकर्ताओं को राजनीति के साथ ही खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी शामिल होना चाहिए

सीहोर जिला जेल में कल विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया